निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों अभियुक्त पवन गुप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह को आज सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की अभियुक्तों की अंतिम याचिका खारिज कर दी थी दिसंबर दो हजार बारह में पारा मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने दुष्कर्म किया था इस मामले के एक अभियुक्त ने जेल में आत्म हत्या कर ली थी और एक अन्य किशोर अभियुक्त को तीन साल के बाद बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था पहली बार तिहाड़ जेल में चार दोषियों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया निर्भया के माता पिता ने कहा कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी

मैं अपने न्याय व्यवस्था अपने राष्ट्रपति महामहिम को अपने सरकारों को वहत बहत धन्यवाद देती हैं इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं अगर महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराव होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी आज का दिन निर्नया के लिये दिन ही नहीं बल्कि प्रे देश के महिलाओं का दिन है न्याय का दिन है सुरक्षा का दिन है बहुत बड़ा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करने की अपील की है श्री मोदी कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक भारतवासी को सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी है

पहला संकल्प और दूसरा संयम

केन्द्र सरकार राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे कुछ सप्ताह जहां तक संभव हो घर से बाहर न निकलें

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जनता कर्फ्यू के लिए समर्थन मांगा

इस जनता कर्फयू के दर्मियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सड़क पे जाये ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकट्डे हों अपने घरों में ही रहें

प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि देश में दूध खाने पीने का सामान दवाइयों और जीवन के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओ की कमी ना हो इसके लिए सरकार सभी उपाय कर रही है

यह सप्लाई कभी रोका नहीं जायेगा इसलिये मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ ना लगायें

पैनिक बाइंग यह कतई ठीक नहीं है उसको ना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना से उत्पन्न हालात और बचाव के प्रयासों की समीक्षा करेंगे शाम चार बजे होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार शामिल होंगे देश भर में कोविड नाईटिन के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक सौ तिहत्तर हो गयी है इनमें पच्चीस विदेशी नागरिक हैं संक्रमण से अब तक चार लोगों की मौत हुयी है वहीं बीस लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं बिहार में अब तक बहत्तर संदिग्धों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तीन सौ नब्बे लोगों को निगरानी में रखा गया है इनमें से एक सौ चौदह लोगों को चौदह दिन की अवधि पूरी होने के बाद छुट्टी दे दी गयी है कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है यदि किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी से मिलना है तो उन्हें संबंधित अधिकारी से समय लेना होगा यह व्यवस्था अभी इकतीस मार्च तक लागू रहेगी वहीं पटना के गांधी मैदान को भी आज से पूरी तरह बंद कर दिया गया है पटना विश्वविद्यालय में भी सभी तरह की बैठकों पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगा दी गयी है केंद्र प्रायोजित पोषण पाखवाड़े पर भी रोक लगा दी गयी है पटना पासपोर्ट ऑफिस द्वारा कल आयोजित होने वाला पासपोर्ट अदालत रद्द कर दिया गया है देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज से कोरोना वायरस की जांच की सुविधा शुरू हो जायेगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है अभी सिर्फ पटना के आरएमआरआई में कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध है राज्य सरकार ने कक्षा एक से आठ तक के डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिये ही अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का फैसला किया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पीएमसीएच में आईसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या बढ़ा कर पचास की जायेगी इस संबंध में जिलाधिकारी कुमार रवि ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखा है इधर गुलजारबाग स्थित आईडीएच में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने तेईस बेड वाले आईसोलेशन वार्ड के निर्माण का आदेश दिया है राज्य सरकार ने कहा है कि हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा बैठक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सिर्फ काम पर उपस्थित शिक्षकों को ही वेतन देने का निर्देश दिया मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण बारिश की स्थितियां बन रही हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा बाईस मार्च को जनता कर्फ्यू के आहवान को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने पटना में स्वाईन फ्लू के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा और कमलनाथ सरकार के आज होने वाले शक्ति परीक्षण की खबरों को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है